नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारियां की जा रही है राज्य के एक सौ छप्पन कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से अठहत्तर स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं कल राज्यभर में छब्बीस मरीज स्वस्थ्य हुए इसमें तेईस रांची के और तीन पलामू के हैं रांची में अब तक कुल तिरानवें कोरोना पॉजिटिव मरीजों में तिरपन मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कल रिम्स में तीन सौ अड़सठ टेस्ट हुए इनमें सभी रिपोर्ट निगेटिव आये हैं कल धनबाद जिले में दो कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है दोनों सात मई को मुंबई से इलाज करा धनबाद लौटे थे पूरे राज्य में अब तक उन्नीस हजार छह सौ आठ सैंपल जांच के लिए लिये गए हैं इसमें पांच हजार नौ सौ तीस सैंपल रांची जिले के हैं झारखंड में रांची के बाद अब गढ़वा रेड जोन जिला बन गया है यहां से एक ही दिन में बीस कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे

नए दिशा निर्देशों के अनुसार मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए ऐसे मरीजों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी

ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार तीन दिन में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार तीन दिन तक स्वाभाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्वार्ज किया जाएगा गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छट्टी दी जाएगी

श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है झारखंड में अलग अलग शहरों से प्रवासी श्रमिकों छात्रो और मरीजों की घर वापसी का सिलसिला जारी है अब तक पांच हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लेकर देष के विभिन्न राज्यों से विषेष श्रमिक ट्रेन झारखंड पहुंच चुकी हैं आज भी दक्षिण भारत से मरीज और छात्रों को लेकर दो विषेष ट्रेन हटिया स्टेषन पहुंचेगी वेल्लोर से एक विषेष ट्रेन करीब बारह सौ मरीजों और उनके परिजनों को लेकर हटिया स्टेषन पहुंच रही है जबकि दूसरी विषेष ट्रेन बंगलुरू से छात्रों को लेकर हटिया आयेगी वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेषल ट्रेन आंध्र प्रदेष से मजदूरों को लेकर देर शाम बोकारो स्टेषन पहुंचेगी लॉक डाउन के दौरान जिले में लगातार आ रहे प्रवासी श्रमिकों की जांच के दौरान संक्रमण से बचने के लिए गुमला जिला प्रशासन ने कई नए प्रयोग शुरू किए हैं

कनाडा रूस यूरोप ऑस्ट्रेलिया अमरीका और खाड़ी देशों से करीब एक सौ छह उड़ाने फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश पहुंचाएंगी इस महीने की सात तारीख से शुरू हुए वंदेभारत मिशन के पहले सप्ताह में बारह देशों से करीब पंद्रह हजार लोगों की स्वदेश वापसी हो रही है

लॉक डाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का चतरा आगमन निरंतर जारी है दूसरे प्रदेशों में फंसे कुछ मजदूर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने गांव लौट रहे हैं कुछ श्रमिक पैदल और साईकिल से भी घर वापसी कर रहे हैं उधर रोजगार की तलाश में बंगाल गए चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के तेसरचेपा गांव निवासी एक मजदूर फूलदेव भुईयां की घर वापसी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई

गोड्डा जिला प्रशासन रेड क्रॉस सोसाइटी और अडानी पावर प्लांट के सहयोग से जिले में आज से चौथा सामुदायिक रसोई की शुरूआत की गयी बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को यहां भोजन कराया जा रहा है वहीं रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा प्रवासी श्रमिकों को साबुन और मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर सभी अफवाहों का खण्डन किया है और ऐसी सभी आशंकाओं को निराधार बताया है श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृहमंत्री के नाते व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं

श्री नकवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के सभी लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए ड़ेढ़ हजार से अधिक स्वास्थ्य सेवा सहायक कोरोना रोगियों के उपचार में सहायता कर रहे हैं

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है श्री प्री ने एक निजी चौनल से भेंट में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सुरक्षित दूरी के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव तय करेगा उन्होंने कहा कि विमानों के परिचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे खुलने पर बड़ी संख्या में एक साथ यात्रियों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी उन्हें उड़ानों के निर्धारित समय से काफी पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा यात्री पहले से कम सामान ले जा सकेंगे और केटरिंग सेवा भी बंद की जा सकती है उन्होंने कहा कि एयर लाइनों से बातचीत के बाद इन चीजों पर अंतिम फैसला किया जाएगा

श्री नायडू ने कहा है कि पूर्णबंदी के बावजूद यह प्रदर्शन सही अर्थ में सराहनीय है उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्वदेशी उत्पादों की लोकप्रियता बढने का पता चलता है उन्होंने सभी लोगों खासतौर से युवाओं से आग्रह किया है कि वे हमेशा खादी और अन्य स्वदेशी उत्पादों को बढावा दें गिरिडीह जिले में लगातार हो रही वेमौसम बारिष और ओला वृष्टि से जिले के किसान परेशान हैं बारिष के कारण ककड़ी खीरा कद्द और झींगा की फसल बर्बाद हो गई किसानों ने सरकार से राहत की मांग की है